संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विपक्ष सदस्यों के हंगामे के कारण आज भी बाधित हुई

जयपुर स्थित अलबर्ट हॉल के सामने आयोजित हुए समारोह में राज्यपाल कल्याण सिंह ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई श्री गहलोत तीसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं उनके साथ सचिन पायलट ने भी कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली इसके बाद मुख्यमंत्री की अनुशंसा पर राज्यपाल ने उन्हें प्रदेश का उप मुख्यमंत्री नियुक्त किया है शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पूर्व प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह एच डी देवेगौडा और कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं के साथ तेलुगू देशम पार्टी के नेता एन चंद्रबाबू नायडू राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार लोकतांत्रिक जनता दल के शरद यादव द्रमुक नेता एमके स्टालिन कर्नाटक के मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी राजद नेता तेजस्वी यादव नेशनल कांफ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला और तृणमूल कांग्रेस के दिनेश त्रिवेदी शामिल हुए लोकसभा में कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे भूपेंद्र हुड्डा सिद्धरमैया आनंद शर्मा तरुण गोगोई नवजोत सिंह सिद्ध अविनाश पांडे सहित कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी शपथ ग्रहण कार्यक्रम में पहुंचे जितेन्द्र द्विवेदी हमारे संवाददाता ने बताया कि श्री गहलोत राज्य में तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने वाले चौथे नेता हैं

शपथ ग्रहण करने के बाद श्री कमलनाथ ने किसानों के कर्जे माफ करने सहित जनहित की कई घोषणाएं की उधर छत्तीसगढ़ में रायपुर में कांग्रेस के भूपेश बघेल को मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई

न्यायाधीश एस मुरलीधर और न्यायमूर्ति विनोद गोयल की पीठ ने सज्जन कुमार को आपराधिक साजिश रचने और सांप्रदायिक सदभाव बिगाड़ने का दोषी ठहराया है

न्यायालय ने सज्जन कुमार को दिल्ली छोड़कर नहीं जाने का भी निर्देश दिया है

राज्यसभा में आज कावेरी और अन्य मुद्दों पर विपक्षी सांसदों का हंगामा जारी रहने पर कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई सदन की कार्यवाही शुरू होने पर दोनों पार्टियों के सदस्य हाथों में तख्तियां लेकर सदन के बीचों बीच आ गए और अपनी मांग के समर्थन में नारेबाजी करने लगे उधर लोकसभा में कांग्रेस और अन्नाद्रमुक सदस्यों ने आज भारी हंगामा किया जिसके कारण अध्यक्ष सुमित्रा महाजन को सदन की कार्यवाही तीन बार स्थगित करनी पड़ी

विधि और न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बताया कि यह विधेयक मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए लाया गया है इस विधेयक में तीन तलाक देने पर तीन साल की सजा का प्रावधान है इसके लिए सरकार पहले ही अध्यादेश ला चुकी है तीन तलाक को गैर जमानती अपराध की श्रेणी में रखा गया है

नई व्यवस्था के अनुसार विभाग द्वारा करंट ब्रेकिंग खत्म कर दी जाएगी हमारे सवाईमाधोपुर संवाददाता ने बताया कि रणथम्भौर आने वाले पर्यटक एडवांस बुकिंग ऑनलाइन करा सकेंगे

शहीद के पुत्रों ने उन्हें मुखाग्नि दी इस दौरान जनप्रतिनिधि सेना के अधिकारी और आमजन मौजूद रहे गौरतलब है कि किशन सिंह शनिवार को जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों से मुठभेड में शहीद हो गए थे

झालावाड़ जिले में पुलिस नियंत्रण में खाद का वितरण किया जा रहा है उधर ब्रंदी जिले के नैनवा में किसानों ने स्टेट हाईवे पर जाम लगा दिया क्षेत्र के किसान खाद नहीं मिलने पर विरोध जता रहे हैं

इस दौरान ग्रामीणों ने चारे और पानी की दिकत के साथ रोजगार की समस्या से अवगत कराया

बीकानेर में जल संसाधन मंत्रालय और केन्द्रीय जल आयोग के निदेशक पुनीत कुमार मित्तल के नेतृत्व में दल ने अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की

अंतर मंत्रालायिक केन्द्रीय दल ने जिला कलेक्टर के साथ नोखा के बेरासर और मोरखाणा का दौरा किया तथा अटल सेवा केन्द्र में ग्रामीणों से बात की

सीकर के फतेहपुर में आज लगातार चौथे दिन भी पारा जमाव बिन्दु से नीचे बना हुआ है

बीकानेर में तेज सर्दी की वजहसे लोगों को भारी परेशानी हो रही है हमारे बीकानेर संवाददाता ने बताया कि किसान ठंड से फसलों को बचाने में जुटे हैं